बढ़ रही है मेक इन इंडिया उत्पादों की मांग

जेल में फटे कम्बलों से गायों के लिए कवर बना रहे हैं कैदी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

आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्पश लें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी

हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से नई क्षमताओं का सूजन कर रहा है आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आम आदमी ने देश में जबरदस्त बदलाव को महसूस किया है और लोगों को आशा की नई किरण दिखाई दे रही हैं उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी क प्रकोप के दौरान दुनिया को अनेक मुसीबतों से गुजरना पड़ा लेकिन हमने इस संकट से एक सबक भी सीखा है और अपनी क्षमताओं का भरपूर विकास किया है जब जनता कर्फ्यू जैसा अभिनव प्रयोग पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बना जब ताली थाली बजाकर देश ने हमारे कोरोना वारियर्स का सम्मान किया था एकजुटता दिखाई थी उसे भी कई लोगों ने याद किया है साथियो देश के सामान्य से सामान्य मानव ने इस बदलाव को महसूस किया है मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रवाह भी देखा है चुनौतियाँ खूब आईं संकट भी अनेक आए कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आईं लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए देश में नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ दिल्ली के अभिनव बैनर्जी के संदेश का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत के लोग दुकानदारों से मेड इन इंडिया सामान की मांग करने लगे हैं जो लोगों की मानसिकता में बड़े बदलाव का संकेत है उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की सोच में यह बदलाव पिछले एक साल में आया है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समय आ गया है जब हमें श्रेष्ठ गुणवत्ता का सामान तैयार करना है उन्होंने उद्यमियों से भी इस दिशा में कार्य करने की अपील की हम आत्मनिर्भर भारत का समर्थन कर रहे हैं लेकिन हमारे मैन्यूफेक्चर्रस उनके लिए भी साफ सन्देश होना चाहिए कि वे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से कोई समझौता न करें बात तो सही है जीरो इफेक्ट् जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का ये उचित समय है मैं देश के मैन्यूकफेक्चर्रस इंडस्ट्री लीडर्स से आग्रह करता हूँ देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है मजबूत कदम आगे बढ़ाया है

ऐसे में अर्ब यह सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे प्रोडक्ट्स विश्वस्तरीय हों कर्नाटक के यूवा ब्रिगेड नाम के संगठन के नाजवानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से श्रीरंगपट्टनम में एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्वार हुआ प्रधानमंत्रो ने कहा कि करुणा और पक्के इराद दो ऐस उपाय है जिनसे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है प्रधानमंत्री ने गुरु गोबिंद सिंह जी के दो पुत्रों जोरावर सिंह और फतेहसिह को श्रद्वांजलि अर्पित की जिन्हें आज ही के दिन दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था प्रधानमंत्री ने छात्रों के लिए एनिमेशन वीडियो बनाने वाले तमिलनाडु के एक शिक्षक का जिक्र करते हुए कहा कि देशभर में कोरोना लॉकडाउन के दौरान शिक्षकों ने बच्चों को सिखाने के नए नए तरीके इजाद किये हैं और रचनात्मक तरीके से पाठय सामग्री तैयार की प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कुछ शहरों में ठंड में बेघर पश्ओं की देखभाल के लिए कई लोग उनके खाने पीने और उनके लिए स्वेटर और बिस्तर तक का इन्तजाम करते हैं उन्होंने कौशाम्बी जिले का उदाहरण देते हुए कहा कुछ इसी प्रकार के नेक प्रयास उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भी किये जा रहे हैं

इन कम्बलों को कौशाम्बी समेत द्रसरे जिलों की जेलों से एकत्र किया जाता है और फिर उन्हें सिलकर गौ शाला भेज दिया जाता हैं कौशाम्बी जेल के कैदी हर सप्ताह अनेकों कवर तैयार कर रहे हैं यह वास्तव में एक ऐसा सत्कार है जो समाज की संवदेनाओं को सशक्त करता है

उम्र और परिस्थितियां इसमें आड़े नहीं आती प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासिया को नव वर्ष के लिए अपनी श्रभकामनाएं भी दी मै आपको नए वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आप खुद स्वस्थ रहिए अपने परिवार को स्वस्थ रखिए प्रदेश सरकार ने राज्य के दस शहरों में प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी की कम्पनियों के गठन का निर्णय लिया है इसमें पहले चरण में एक हजार से अधिक जवानों की भर्ती की जायेगी

लखनऊ आगरा अलीगढ़ वाराणसी प्रयागराज बरेली मेरठ कानपुर मुरादाबाद और गोखपुर में शहरी कंपनियां बनेंगी

इसके लिए कान्टैक्ट ट्रेसिंग तथा सर्विलांस की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए कहा है

उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में औषधियों मेडिकल उपकरणों तथा आक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे उन्होंने सभी जिलाधिकारियों तथा मुख्य चिकित्साधिकारियों को प्रतिदिन सुबह कोविड अस्पतालों तथा शाम को इन्टीग्रेटेड कमान एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर में बैठक कर आगे की रणनीति तय करने के लिए भी कहा कोविड मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए विशेषज्ञ डाक्टर नियमित रूप से वार्ड में राउण्ड लेते रहें सिद्धार्थनगर जिले में आज विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण वितरित करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया जिसमें कुल छःसौ छाछठ दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किये गये

लोगों को सम्बोधित करते हुए सांसद जगदम्बिकापाल ने कहा कि दिव्यागंजनों को सहायक उपकरण मिलने से उनकी जिन्दगी काफी आसान हो जातो हैं उन्होने कहा कि इनके माध्यम से दिव्यांगजनों को दूसरों पर आश्रित होने की जरूरत नहीं होती और वे अपने दैनिक जीवन के कार्यो को आसानी से कर सकते है उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कृतसंकल्पित है तथा विभिन्न छात्रवृत्तियों और लाभकारी योजनाओं के माध्यम से दिव्यागंजनों के हितों को सरकार सुनिश्चित कर रही है सिख समुदाय के दसवें गुरू श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज के चार साहिबजादों और माता गुजरी की शहादत को समर्पित साहिबजादा दिवस पर आज आयोजित गुरूबाणी कीर्तन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गुरू पुत्रों और माता गुजरी की शहादत को नमन करते हुए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि हिन्दू धर्म और संस्कृति की रक्षा करने और भारत को विदेशी आक्रान्ताओं के अत्याचार से मुक्त करने के लिए गुरूगोविन्द सिंह के चार पुत्रों ने अपने आपको बलिदान कर दिया उन्होंने कहा कि उनका यह बलिदान हम सभी को एक नयी प्रेरणा प्रदान करता है कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सिख समाज ने धर्म और राष्ट्र की रक्षा की जो लड़ाई लड़ी वह अविस्मरणीय है